मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी को परेशानी न हो

कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कोरोना से लोगों को राहत कार्यो के लिए पूर्व मंत्री जी एसबाली को प्रभारी नियुक्त किया है पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने एक बयान में कहा है कि वे पार्टी द्वारा शुरू की गई हैल्पलाईन की निगरानी भी करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री बाली के साथ राहत कार्यो की निगरानी करेंगे शुक्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा स्थापित सभी राहत केंद्रों को अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्थापित कंट्रोल रूम को देनी होगी

जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशानुसार इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में हर बैड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सुविधा के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी

नमस्कार